निर्दलीय उम्मीदवार भी अपने समर्थकों संग डोर टू डोर चुनाव प्रचार कर रहे हैं धर्मशाला में आज सांसद किशन कपूर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता पार्टी प्रत्याशी विशाल नैहरिया के लिए प्रचार करेंगे जबकि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी पार्टी उम्मीदवार विजय इंद्र करण के लिए वोट मांगेंगे इधर पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में सांसद सुरेश कश्यप सराहां में भाजपा प्रत्याशी रीना कश्यप के लिए प्रचार करेंगे जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कलदीप सिंह राठौर सहित वरिष्ठ पार्टी नेता राजगढ़ में आकोश रैली को संबोधित करेंगे पंचायत प्रधान सोलन के उपायुक्त के सी चमन ने कुनिहार विकास खंड की ग्राम पंचायत चम्यावल के प्रधान परमिंदर ठाकुर को तुरंत प्रभाव से उनके पद से बर्खास्त कर दिया है उपायुक्त ने संबंधित पंचायत प्रधान को अपने कर्तव्यों के निर्वाहन में विफल रहने का दोषी पाया था इसी ग्राम पंचायत के वार्ड मेम्बर सुरेंद्र कुमार को भी उपायुक्त ने उनके पद से बर्खास्त कर दिया है

डीसी ऊना ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने केबल टीवी ऑपरेटरों को अपने ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए हैं कल ऊना में ज़िला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी केबल ऑपरेटर डिजिटल सिगनल के माध्यम से ही अपनी सेवाएं दें उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि केबल ऑपरेटर कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले अश्लील सामग्री या भावनाओं को भड़काने वाले कार्यक्रम तथा विज्ञापनों का प्रसारण न करें करवा चौथ करवा चौथ का पर्व आज प्रदेशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखकर अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं करवाचौथ के लिए प्रदेश सरकार ने महिलाओं को अवकाश की घोषणा की है इस मौके पर प्रदेश के बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को करवाचौथ पर्व की शुभकामनाएं दी है बिजली बोर्ड राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ ने बोर्ड प्रबंधन पर बोर्ड का वित्तीय नुकसान करने का आरोप लगाया है संघ के अध्यक्ष कुलदीप सिंह खरबाड़ा ने कल शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि बोर्ड में सुरक्षा मानकों की कमी के चलते दो सालों में लगभग एक दर्जन कर्मचारियों की करंट लगने से मौत हो चुकी है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 अमर उजाला की सुर्खी है कालका शिमला फोरलेन प्रोजेक्ट का निर्माण खटाई में केथलीघाटी ढली मार्ग का काम बंद केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने हिमाचल सरकार को दी कड़ी हिदायत शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है कोटे से ज्यादा अतिरिक्त मुख्य सचिवों पर चेतावनी अब बरती कोताही तो लाभार्थी अफसरों से की जाएगी रिकवरी दैनिक भास्कर मुख्य सचिव के हवाले से लिखता है हर वीवीआईपी के साथ होगा सरकारी लाइजनिंग अफसर इन्वेस्टर मीट को लेकर मुख्य सचिव बाल्दी ने धर्मशाला में किया विजिट कसोल हादसे पर दैनिक जागरण की सुर्खी है कसोल में बही दो पर्यटक एक बचाई पंजाब केसरी का शीर्षक है पार्वती नदी में बही पर्यटक एक सुरक्षित किनारे पहुंची अजीत समाचार के शब्द हैं मणिकर्ण घुमने आई दो युवतियां पार्वती नदी में बही एक को बचाया एक लापता शहरी निकायों के गले पड़ गई एलईडी लाईट्स शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है शहरों से बिजली बिल कम होने के बजाय बढ़ने की शिकायतें मुख्यमंत्री ने गुरूद्वारा बड़ूसाहिब में टटोली प्रबंधकों की नवज़ खबर को आपका फैसला ने सचित्र प्रकाशित किया है पत्र की एक अन्य सुर्खी है राज्यपाल ने किया दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल का निरीक्षण जागरूकता केन्द्र स्थापित करने का दिया सुझाव दैनिक सवेरा टाइम्स पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर के हवाले से लिखता है एक लाख बीपीएल परिवारों को रोज़गार देगी सरकार हुनर के हिसाब से मिलेगा काम हजारों विद्यार्थियों की आठ माह से रूकी छात्रवृति इसी महीने से खाते में आएगी अमर उजाला की एक खबर है दैनिक भास्कर लिखता है एनजीटी ने दो फार्मा इंडस्ट्रीज के ट्रीटमेंट प्लांट से पानी के सैंपल भरे घग्गर नदी को दूषित करने वाले उद्योगों का किया इंस्पेक्शन

नमस्कार